बिहार में अब तक दस लोग पॉजेटिव पाये गये

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कोरोना राहत कोष में सात करोड़ रुपये दिये

देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर आठ सौ तिहत्तर हो गयी है संक्रमितों में सैंतालीस विदेशी नागरिक हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाज के बाद स्वस्थ्य हुए उनासी लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है वहीं अब तक इस बीमारी से उन्नीस लोगों की मौत हुई है इधर बिहार में अब तक दस लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है आज एनएमसीएच में भर्ती चौबीस साल की एक महिला में संक्रमण की प्रष्टि हुई है राज्य में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले पटना और मुंगेर से आये हैं जबकि एक व्यक्ति की इस महामारी से मृत्यु हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महामारी से निपटने के लिए लोगों से प्रधानमंत्री केयर्स फंड यानि नागरिक सहायता और राहत कोष में अंशदान करने की अपील की है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का छोटा से छोटा अंशदान ही संकट की इस घड़ी में बहुत उपयोगी होगा लोग वेबसाइट पीएम इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से भी इस कोष में अंशदान कर सकते है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर क्षेत्र विकास योजना के तहत कोरोना उन्मूलन कोष में सात करोड़ रुपये का अंशदान करने का सिफारिश की है विधान परिषद सदस्य के तौर पर उन्होंने यह अनुशंसा की है इस राशि का उपयोग कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा उपायों परहोगा पूर्व मध्य रेलवे के कर्मियों ने अपने एक दिन का वेतन बारह करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में अंशदान दिया है इधर रेलवे गाड़ियों के डिब्बों को आईसोलेशन वार्ड के रूप में विकासित करने पर भी काम कर रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अभी इसके प्रोटो टाइप पर काम चल रहा है उन्होंने कहा कि डिब्बों को आईसोलेशन वार्ड का रूप देने से उनकी तैनाती जरूरत के हिसाब से विभिन्न हिस्सों में की जा सकेगी बिहार के प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर विपिन कुमार ने बताया है कि यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे सभी आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान करेगा उन्होंने बताया कि सभी राज्यों के प्रशासन से आग्रह किया गया है कि इन लोगों के लिए आश्रयगृह भोजन और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराए इसके अलावा कोरोना वायरस से संबंधित मदद और जानकारी के लिए पटना में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है पटना का एसटीडी कोड शून्य छह एक दो लगाकर संपर्क किया जा सकता है कंट्रल रूम का दूरभाष नम्बर इस प्रकार है दो दो एक सात सात आठ एक दो दो तीन तीन आठ शून्य छह उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए एक हजार बसों की व्यवस्था की है ये लोग सीमाओं पर फंसे हुए हैं और अपने घर पैदल जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सरकार ने ऐसे लोगों से न घबराने की अपील की है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग जहां हैं उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है श्री कुमार ने कहा है कि विशेष बस से लोगों को भेजने से बीमारी और फैलेगी बिहार सरकार ने कहा है कि पन्द्रह मार्च और इसके बाद राज्य में विदेशों से आये सभी लोगों की एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य की जांच होगी राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि ऐसे लोगों के आंकडे राज्य के एयरपोर्ट से जुटाये जा रहे हैं गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर राज्य में सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल को कोविड उन्नीस महामारी के इलाज के लिए नोडल अस्पताल बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए राज्यों को विशेष अस्पताल बनाने को कहा गया है मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज संवाददाताओं से कहा कि सरकार का मुख्य फोकस अब उन क्षेत्रों पर है जहां महामारी के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं

हमारा कम्वाइंड एफर्ट यही एनस्योर करना है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से पालन किया जाय

हमारा मेजर फोकस है कि हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाये डेडिकेटेड कोविड ब्लॉकस बनाये और साथ ही आईसोलेशन बेड्स और जो रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक्स उसके लिए तैयार करें राज्य सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पशु पक्षी तथा मछली के चारे या दाने के द्कानों को खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है पश् तथा मत्स्य विभाग के सचिव एन सरवण कुमार ने स्पष्ट किया है कि दाना या चारा की आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं लगायी गयी है उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक को कहा है कि स्थानीय स्तर पर सभी जिलों के थानों को निर्देश दिया जाय कि इस प्रकार के दुकानों के खोलने पर कोई बाधा न पहुंचायी जाय देश में कोविड उन्नीस के प्रसार को देखते हुए सरकार ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को फिर कहा है केन्द्र ने लोगों से एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने और भीड़ से बचने को कहा है लोगों को कहा गया है कि वह घर पर ही रहें और जरूरत पड़ने पर ही आवश्यकता का सामान लेने जाएं राजधानी पटना सहित राज्य के विभिन्न भागों में पुलिस गश्त तेज कर दी गयी है पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र शर्मा ने थानाध्यक्षों को बिना कारण घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है

मेरा नाम देवाशीष गौतम है

मेरा नाम हेमंत कुमार है

मैं घर पर ही ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके मैं समाज से और आदमी के कॉन्टेक्ट से दूरी बनाए रखूं और घर पर ही बैठे बैठे अपना जितना भी काम हो सकता है आप कर सकते हैं साफ सफाई पर ध्यान दें लॉकडाउन के दौरान कोविड उन्नीस महामारी से मुकाबले में अपनी जान जोखिम में डालकर चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी और गैस वेंडर लोगों की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं समस्तीपुर में घर घर रसोई गैस पहुंचाने वाले सुरेश दास ने कहा कि कठिन घड़ी में लोगों की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले जीविका कार्यकर्ता घर घर जाकर सस्ता मास्क पहुंचा रहे हैं बक्सर के ब्रह्मपुर की जीविका कार्यकर्ता मुन्नी देवी ने बताया कि वह मोटरसाइकिल से मास्क पहुंचाने का काम करती है मुंगेर जिले से कोविड उन्नीस के कारण मौत का पहला मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार काफी सतर्कता बरत रही है मुंगेर में आज पैंतीस नये संदिग्ध लोगों के सैंपल लिये गये स्वास्थ्य विभाग के प्रधान निदेशक अशोक कुमार सिंह को जिले में कैंप करने को कहा गया है बेगूसराय जिले से जिन दो लोगों के लार के नमूने जांच के लिए भेजे गये थे उसकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है कोरोना वायरस के मद्देनजर शटडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए राहत कार्य तेज कर दिये गये हैं बेगसूराय गया कटिहार सहित विभिन्न जिलों में विशेष राहत केन्द्र बनाये गये हैं यहां लोगों के आवासन और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है इधर पश्चिम चंपारण जिले में विभिन्न राज्यों से कई प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे हैं अरवल जिले में विदेशों और दूसरे राज्यों से आये एक हजार से अधिक लोगों की जांच की गयी है सभी नमूने निगेटिव पाये गये है इधर लॉकडाउन के मद्देनजर शिवहर जिले के कई गांवों में लोगों ने बांस बल्ली लगाकर सड़कों को अवरूद्व कर दिया है जिले में होम डिलेवरी प्रकोष्ठ का गठन कर लोगों को खाने पीने और अन्य आवश्यक सामग्री घर तक पहुंचाने में मदद दी जा रही है वैशाली जिले में जांच के बाद इकतीस सौ से अधिक लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध होगा इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण सुना जा सकता है मन की बात के तुरंत बाद मैथिली में इसका अनुवाद आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से प्रसारित किया जायेगा मैथिली में यह अनुवाद इसी केन्द्र से शाम साढ़े छह बजे से सुना जा सकता है शिक्षा विभाग ने हड़ताल पर गये सभी नियमित और नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान का आदेश जारी किया है जिला शिक्षा अधिकारियों और कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जनवरी दो हजार तक की अवधि का भुगतान करने को कहा गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने इकतीस मार्च तक भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है वहीं फरवरी माह में उन्हीं शिक्षकों का वेतन दिया जायेगा जो हड़ताल में शामिल नहीं थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न भागों में बर्ड फ्लू और स्वाईन फ्लू के मामले सामने आने पर रोकथाम को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होंने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न भागों में पक्षियों की असामयिक मृत्यु को गंभीरता से लेने तथा जांच कराने को कहा इसके अलावा उन्होंने मुजफ्फरपुर में संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस का मामला सामने आने पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये चैती छठ के चार दिनों का अनुष्ठान आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है कल खरना होगा वहीं सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जायेगा मंगलवार को सुबह के अर्घ्य अर्पित करने के साथ चैती छठ का महानुष्ठान संपन्न होगा इस बार राज्य भर में विभिन्न नदी और सार्वजनिक छठ घाटों पर कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर श्रद्धालुओं के एकत्र होने पर रोक है इसलिए ज्यादातर लोग अपने घरों में ही कुंड बनाकर अर्घ्य अर्पित करेंगे राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चैती छठ के मौके पर राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

बिहार में अब तक दस लोग पॉजेटिव पाये गये

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कोरोना राहत कोष में सात करोड़ रुपये दिये